प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि निजी क्षेत्र अनुसंधान डिजायन और स्वदेशी रक्षा उत्पादों के विनिर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर देश को रक्षा क्षेत्र में आत्म निर्भर बना सकता है

रक्षा उपकरणों के आयात पर निर्भरता कम करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश को रक्षा उपकरणों के आयातकर्ता की बजाय इनका निर्यातक बनने के लिए प्रयास करने चाहिए

इनमें इंडियन आयल की बोंगईगांव रिफाइनरी की इंडमैक्स इकाई डिब्रूगढ़ के मध्बन में आयल इंडिया लिमिटेड के दूसरे टैंक फार्म तथा तिनसुकिया में हेबेडा के मकूम में गैस कम्प्रेसर स्टेशन शामिल हैं श्री मोदी ने धेमाजी में एक इंजीनियरिंग कार्लेज का उद्घाटन किया और सुआलक्ची इंजीनियरिंग कालेज की आधारशिला रखी पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज दोपहर बाद हगली में अनेक रेल परियोजनाओं का उद्दघाटन करेंगे प्रधानमंत्री नोआपाड़ा से दक्षिणेश्वर तक की मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन करेंगे यह रेल परियोजना कालीघाट स्थित मां काली के पवित्र मंदिर को दक्षिणेश्वर से जोड़ती है

प्रधानमंत्री अजीमगंज से लेकर खरगाघाट रोड रेलखंड के दोहरीकरण को राष्ट्र को समर्पित करेंगे जो पूर्वी रेलवे के हावड़ा बैण्डेल अजीमगंज खंड का एक हिस्सा है

इस परियोजना से रेलगाड़ियों के बेहतर परिचालन यात्रा समय में कमी और अधिक सुरक्षा के साथ इस क्षेत्र के समग्र आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा भारत में स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को कोविड का टीका लगाने के मामले में नये कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं

झारखंड में कोरोना की रिकवरी रेट अनठानबे दशमलव सात एक प्रतिशत हो गई हैं

वहीं संक्रमण से रांची जिले से एक मरीज की मौत हई है

इनमें चार सौ तिरपन सक्रिय केस हैं जबकि एक लाख अठारह हजार अनठावन मरीज ठीक हुए हैं अब तक राज्य में एक हजार पचासी मरीज की मौत कोरोना से हुई हैं

इस सिलसिले में तीन अपहरणकर्ताओं को भी गिरफतार किया गया है बताया जाता है कि छत्तीसगढ़ के एक व्यवसायी के पुत्र का अपहरण कर अपहरणकर्ता रांची के रास्ते खूंटी ले आये थे कल देर रात इसकी सूचना रायगढ़ के पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने खूंटी के पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर को दी इसके बाद खूंटी जिले में जगह जगह वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया और अपहृत बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया गया राज्य के स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि राज्य सरकार फाइलेरिया उन्मूलन के लिए प्रतिबद्व है

इसके तहत लोगों को प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मियों द्वारा फाइलेरिया रोधी दवाएं निःशुल्क खिलाई जाएंगी

उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया है कि धान की खरीद सुचारु रूप से चल रही है

मंत्रालय के अनुसार खरीफ की खरीद पिछले सीजन की तरह ही इस बार भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से की जा रही है झारखंड ट्राईबल डेवलपमेंट सोसायटी द्वारा पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका प्रखंड के बुरुहातु गांव में बकरी पालन केंद्र बनाया गया है झारखंड आदिवासी सशक्तिकरण एवं आजीविका परियोजना कल्याण विभाग झारखंड सरकार द्वारा यहां बकरी प्रजनन केंद्र सेड का भी निर्माण कराया गया है रीला माला महिला समिति द्वारा यह बकरी पालन किया जा रहा है पोटका के विधायक संजीव सरदार ने बताया कि पोटका डुमरिया में काफी अच्छी तरह से महिला सशक्तीकरण का काम चल रहा है जेटीडीएस द्वारा बुरूहातू गांव में बकरी पालन का प्रशिक्षण दिया गया

इससे इन लोगों का उत्साह बढ़ा है उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार आदिवासी महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए कई तरह के प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रही है मतदाताओं को डिजिटल वोटर कार्ड उपलब्ध कराने के लिए ई इपिक अभियान की शुरूआत की गई है गुमला जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा ने निर्वाचन कार्यालय परिसर में स्थित ई इपिक डाउनलोड केंद्र का उद्घाटन किया

विशेष केंद्रीय सहायता योजनामद एससीए अंतर्गत किस्को प्रखण्ड तिसिया ग्राम में ब्रिकेटिंग प्लांट स्थापित किया जा रहा है इस प्लांट में जंगल के सूखे पत्तों का इस्तेमाल कर उसका ईंधन तैयार किया जायेगा जो काफी बेहतर होगा यह काफी हल्का होगा जिसे कहीं भी रखना आसान होगा इससे प्रद्षण नहीं फैलेगा इसे लकड़ी और कोयला के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगा वन प्रमण्डल पदाधिकारी ने बताया कि ईंट भट्टा मालिक अगर इस ईंधन का इस्तेमाल करेंगे तो आसपास के लोगों को रोजगार मिलेगा साथ ही अवैध तरीके से वनों की कटाई पर रोक लगेगी पलायन की समस्या पर भी रोक लगेगी यह ईंधन पूरी तरह इकोफ्रेंडली है इस प्लांट के खुलने से आसपास के लोगों को सीधे रोजगार मिलेगा जंगल में सूखे पत्ते से आग नहीं लगेगी स्थानीय प्लांट से ही ईंधन प्राप्त होने पर अनावश्यक ट्रांसपोर्ट और रखरखाव के खर्च की बचत होगी केन्द्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने घोषणा की है कि दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कर्नाटक करेगा मुख्यमंत्री बी एस येडियुरप्पा के साथ बेंगलुरु में मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने यह जानकारी दी पेच्चीस साल से कम उम्र के चार हजार से अधिक खिलाड़ी इसमें शामिल होंगे इन खिलाड़ियों के पास राष्ट्रीय टीमों के लिए चुने जाने का अवसर भी होगा पहला विश्वविद्यालय खेल पिछले साल भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था इस बार विश्वविद्यालय खेलों में योगासन और मल्लखम्भ को भी जोड़ा गया है भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा क्रिकेट टेस्ट मैच बुधवार को अहमदाबाद में खेला जाएगा मोटेरा स्टेडियम में होने वाला यह मैच दिन रात्रि का होगा आकाशवाणी से इस मैच का आंखों देखा हाल दोपहर बाद दो बजे से प्रसारित किया जाएगा